पश्चिमी सिंहभूम से भी दो नक्सली गिरफ्तार

कई मामलों में आरोपी दो लाख के इनामी नक्सली छोटू मांझी को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली छोटू मांझी पर बोकारो और गिरिडीह के कई थानों में तीन दर्जन से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों ने कल रात झुमरा की तलहटी से छोटू मांझी को गिरफ्तार किया है पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ की जा रही है ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बोकारो और गिरिडीह जिले में पूर्व में हुई बड़ी नक्सली वारदातों का खुलासा हो सकता है पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है जिले के टेबो थाना क्षेत्र में पीएलएफआई के अजय प्रर्ति दस्ते के दो सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें पुलिस की टीम ने पकड़ा है इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर और निशानदेही पर केई अन्य ठिकानों पर भी छापामारी की जा रही है गिरफ्तार उग्रवादियों के खिलाफ बंदगांव टेबो और कराईकेला थाने में पूर्व से कई मामले दर्ज हैं झारखंड में कोरोना संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटे में एक हजार साठ मामले आए हैं यह अबतक राज्य में एक दिन में सबसे अधिक मरीजों के मिलने का आंकड़ा है

कल मिले मरीजों में मुख्यमंत्री आवास के बाइस कर्मचारी भी शामिल हैं कोरोना संक्रमित छह सौ बहत्तर मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे राज्य में अबतक कोरोना के संक्रमण से एक सौ ब्यालीस मरीजों की मौत हो चुकी हैं वहीं नौ हजार चौहत्तर कोरोना के एक्टिव मामले हैं जबकि राज्य में अबतक पांच हजार नौ सौ चौदह मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गये हैं

घर जाने से पहले उन्हें होम क्वॉरेंटाइन कोरोना संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष सदर अस्पताल कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई

लैब टेक्निशियन एएनएम और जीएनएम की हड़ताल ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा गयी है

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कम्पानी इस चर्चा में हिस्सा लेंगी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

अधिकारियों के वार्ता के बाद मांगे नहीं मानने को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सा संघ का कहना है कि राज्य सरकार हड़ताल खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है हड़ताल पर पारा चिकित्साकर्मियों के चले जाने की वजह से कोविड सैंपल जांच में भी कमी आ गई है

कोरोना काल में सैंपल लेने से रिपोर्टिंग तक की जिम्मेदारी अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मी ही संभाल रहे हैं

ऐसे में अब कोरोना की जांच प्रभावित हो रही है हड़ताल में एएनएम जीएनएम लैब टेक्निशियन और पारा मेडिकल स्टाफ शामिल हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आपदा के समय स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल को अनुचित करार दिया है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल वापस नहीं ली तो सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सकती है अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कई स्थानों पर छापामारी की छापेमारी में पिठोरिया थाना क्षेत्र के ओयना गांव से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई

गिरफ्तार किए गए लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है पकड़े गए तस्करों के अनुसार वे बड़े पैमाने पर झारखंड के अलावा अन्य पांच राज्यों में भी नकली शराब का सप्लाई कर रहे थे उन्होंने बताया कि अवैध शराब कारोबारियों के इशारे पर झारखंड के अलावा बिहार हरियाणा अरुणाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब में भी लगातार अवैध शराब की खेप मेजी जाती थी पुलिस जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि अवैध शराब कारोबारी ब्रांडेड कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर ऊंचे दामों में नकली शराब की बिक्री करते थे फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस अवैध धंधे में लिप्त बड़े कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है चतरा जिले में सक्रिय माफियाओं और तस्करों के विरुद्ध पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है वरीय अधिकारियों को मिली गुप्त सुचना के आधार पर सदर थाना पूलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र के सेहदा जंगल मे छापामारी की और अवैध कत्था भही को ध्वस्त कर दिया इस दौरान छापेमारी टीम ने मौके से तीस किलो तैयार कत्था के साथ कत्था बनाने में प्रयुक्त बर्तन बरामद किया है सदर थाना में आज आयोजित प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी लव कुमार सिंह ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि इलाके में सक्रिय तस्कर सेहदा जंगल मे बड़े पैमाने पर कत्था तैयार कर तस्करी की फिराक में लगे हैं थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा लातेहार में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं लातेहार उपायुक्त ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए योजनाएं संचालित करने को कहा है केंद्र सरकार देश के विभिन्न शहरों में साइकिल चलाने के लिए दी जा रही सुविधाएं जानने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करेगी इसके तहत विभिन्न शहरों के बीच इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज प्रतियोगिता का आयोजन होगा जो शहर उत्कृष्ट कार्य साइकिल चलाने को बढ़ावा देगा उसे प्रस्कृत किया जायेगा केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय के अंतर्गत स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमें राजधानी रांची भी भाग ले रही है रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से निबंधन प्रक्रिया भी पूरी करा ली गयी है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज दो चरणों में होगा अक्टूबर में यह प्रतियोगिता शहरों के बीच शुरू होगी यह प्रतियोगिता पांच लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों राज्यों की राजधानी और सभी स्मार्ट शहरों के बीच आयोजित की जायेगी केंद्र सरकार की योजना है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को साइकिल चलाने को लेकर प्रोत्साहित किया जाये

मुफस्सिल थाना की टीम ने मोहम्मद जावेद को चाईबासा सरायकेला मोड़ के पास से गिरफ्तार किया पुलिस ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर कई सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है

विनोद पाल की हत्या के साजिशकर्ता रामाधार पासवान चन्द्रदेव पाल और विमलेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है

आज सिविल और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों की हुई बैठक में स्वतंत्रता दिवस पर प्रभातफेरी तिरंगा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया